शिखर सम्मेलन को क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का एक अच्छा अवसर बताया

प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिम्स्टेक भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों का सम्मिश्रण है काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन संत्र को संबोधित करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक क्षेत्र के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का एक बहुत अच्छा अवसर है श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की घोषणा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं

उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के उद्यमियों के बीच संचार और संपर्क बढ़ाने के लिए भारत बिम्स्टेक के स्टार्टअप सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है

श्री मोदी ने यह भी कहा कि बिम्स्टेक देशों के साथ संपर्क सुविधाओं के विस्तार में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देश आतंकवाद सीमापार से होने वाले अपराध और मादक पदार्थो की तस्करी का सामना कर रहे हैं इनसे निपटने के लिए सभी सदस्य देशों को एक होकर समुचित कानूनी ढांचा तैयार करना होगा

प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के लोगों के लिए अनेक छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कहा कि बिम्स्टेक की सफलता सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सभी समझौतों पर समय से और ईमानदारी से किये गये क्रियान्वयन पर निर्भर करती है श्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर सम्मेलन से अलग श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत की उन्होंने श्री सिरसेना से भारत श्रीलंका मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया भारत द्वारा श्रीलंका में चलाई जा रही कई परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा की श्री मोदी ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी आपसी हितों के मामलों पर बातचीत की श्री मोदी आज नेपाल के प्रधानमंत्री तथा थाइलैंड म्यांमार और भूटान के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रदेष सरकार कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस के ज़रिये राज्य को सर्वोत्तम और आकर्शक टूरिज़्म डेस्टिनेंषन के रूप में पेष करने की दिषा में काम कर रही है यह बात विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रक बजट पर चर्चा के दौरान कही उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से मार्च तक इलाहाबाद में आयोजित होने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है इसमें दुनिया के एक सौ बानवे देषों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की कोषिष है कि देष के सभी छह लाख गांव इस आयोजन से जुड़े उन्होंने कहा कि कुंभ के पहले वाराणसी प्रयाग अयोध्या लखनऊ और आगरा में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया जायेगा वैचारिक कुंभ का आयोजन महिलाओं य्वाओं सामाजिक समरसता और अन्य विशयों को केन्द्र में रखकर किया जायेगा श्री योगी ने कहा कि पर्यटन की दृश्टि से वैष्विक मंच पर प्रदेष को अलग पहचान दिलाने के लिए कुंभ के दौरान वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भी किया जायेगा जिसमें दुनिया के अलग अलग देषों में रह रहे छह हज़ार से अधिक प्रवासी भारतीय षामिल होंगे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे षुरू हुई विधानसभा में विपक्षी दलों ने काम रोको प्रस्ताव के रूप में विष्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में षिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न करने तथा राज्य में डेंगू फैलने के मामले उठाये इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेष खन्ना ने कहा कि सरकार आरक्षण नियमों का अक्षरष पालन कर रही है उन्होंने कहा कि रोस्टर के तहत विष्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण न देने का षासनादेष पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने जारी किया था संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतुश्ट सपा और बसपा के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने किसानों को गन्ना मूल्यों का भूगतान न होने का मुददा उठाया गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेष राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय गन्ना किसानों को पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस करोड़ रूपर्ये की अदायगी की गई है उधर विधान परिशद में कार्यवाही षुरू होते ही विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चर्चा के जवाब के दौरान की गई एक टिप्पणी पर आपत्ति जताई तथा षून्य प्रहर में इस मामले को उठाने का प्रयास किया जिसकी अधिश्ठाता यज्ञदत्त षर्मा ने इजाज़त नहीं दी वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी ने भारत को कर चुकाने में विश्वास रखने वाला समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया है उन्होंने कहा कि नोटबंदी का सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था के और अधिक औपचारिक रूप ग्रहण करने अधिक कर राजस्व अधिक परिव्यय तथा उच्च विकास दर में दिखाई देता है फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने इस दावे को खारिज कर दिया कि अधिकांश प्रतिबंधित नोटों के बैंकों में वापस लौट आने से नोटबंदी विफल हो गई है उन्होंने कहा कि केवल नकदी जमा होने से यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि यह कर चुकाने के बाद जमा किया गया धन है श्री जेटली ने कहा कि जो नोट बैंकों में जमा नहीं किये गये हैं उन्हें अवैध घोषित करना ही नोटबंदी का एकमात्र मकसद नहीं था भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है नोटबंदी पर श्री राहल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व इसलिए परेशान है क्योंकि नोटबंदी के बाद उनका बेहिसाबी धन बेकार हो गया है भारतीय जनता पार्टी आगामी सोलह सितम्बर को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की पहली मासिक पृण्य तिथि पर देषभर में काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन सत्रह सितम्बर से पच्चीस सितम्बर तक काव्यांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा प्रदेष में लगातार बारिष और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी की वजह से राज्य के पश्चिमी जिलों के कई क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है पिछले दो दिनों में वर्षा जनित घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई है मुरादाबाद और बरेली मंडलों में भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं नरोरा बैराज से गंगा नदी में पानी छोड़े जाने के बाद संभल जिले में कई गांव में बाढ़ आ गई है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और कुआनो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं घाघरा के अलावा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से गुजरने वाली शारदा नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है उधर मिर्ज़ापुर में गंगा नदी का जलस्तर चार सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रहा है बाढ़ की आषंका के मद्देनज़र गंगा के निचले और तटवर्ती इलाकों के लोग सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं